बिहार सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदेश में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण मुजफ्फरपूर और समीपवर्ती इलाकों में एक्यूट इंसेफ्लाईस सिंड्रोम यानि संदिग्ध दिमागी बुखार पर काबू नहीं पाया जा सका आज सुप्रीम कोर्ट में एईएस से बच्चों की हुई मौत के मामले में दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सभी स्तरों पर पचास प्रतिशत पद खाली हैं डॉक्टरों के सैंतालीस प्रतिशत जबकि नर्स के इकहत्तर प्रतिशत पद रिक्त हैं हलफनामा में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की बदहाली पर अफसोस जताया है गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने चौबीस जून को एक याचिका की सुनवाई करते हुए एईएस से बच्चों की मौत के मामले में केन्द्र और बिहार सरकार से सात दिन के भीतर जवाब मांगा था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 विधानसभा में विपक्षी दल के सदस्यों ने आज संदिग्ध दिमागी ब्रखार एईएस से बच्चों की हुई मौत के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को जिम्मेवार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया विधानसभा अध्यक्ष विजय कूमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण पन्द्रह मिनट बाद ही दिन के दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभा अध्यक्ष ने सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से सदन को अवगत कराते हुए कहा कि अब प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उन्नीस जुलाई को सदन में पेश किया जाएगा इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल भाकपा माले और कांग्रेस के सदस्य मुजफ्फरपुर में एईएस से बच्चों की बड़ी संख्या में हुई मौत के लिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग करने लगे शोरगुल कर रहे सदस्यों ने श्री पांडेय के इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग की इस पर सभा अध्यक्ष श्री चौधरी ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों पर सभा अध्यक्ष के आग्रह का कोई असर नहीं हुआ और वे शोरगुल करते हुए सदन के बीच में आ गए श्री चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर मामले पर सोमवार को विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव आया था जिसे उन्होंने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्वीकार कर इस पर विशेष चर्चा भी करायी थी अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के सदस्य शांत नहीं हुए

उसका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है उन्होंने कहा कि द्रखद है कि विपक्ष बच्चों की मौत पर भी राजनीति कर रहा है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा नेएईएस से बच्चों की हो रही मौत के विरोध में आज मुजफ्फरपुर में पदयात्रा का शुरूआत की पांच दिनों तक चलने वाली यह पदयात्रा पटना में समाप्त होगी श्री कुशवाहा ने बच्चों की जान बचाने में राज्य सरकार पर विफलता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि संदिग्ध दिमागी बुखार एईएस से मृत बच्चों के परिजनों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख बीस हजार रूपये दिये जायेंगे विधान परिषद् में एईएस से बच्चों की हुई मौत पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है श्री कुमार ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जा रहा है जिसके आधार पर बीमारी से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार की जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एईएस से निपटने में कोई कोताही नहीं बरती गयी है इससे पूर्व विधान परिषद् में एईएस से बच्चों की हुई मौत पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खुद सदन में इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में इस मुद्दे पर जवाब दिया बैंक घोटाला धोखाधड़ी मामलों के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई आज विशेष अभियान चला रही है सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी बारह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अठारह शहरों में पचास से अधिक स्थानों पर छापे मार रही है इस सिलसिले में गया में भी छापेमारी की खबर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छह तारीख से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करेंगे ग्रहमंत्री अमित शाह तेलंगाना में जबकि पार्टी के अन्य नेता देश के विभिन्न भागों से इस अभियान की शुरूआत करेंगे आज संसद के पुस्तकालय भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी इस अभियान में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे बाईट भारतीय जनता पार्टी के मेंबरशिप अभियान के छह तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में लॉन्च करेंगे और माननीय अमित भाई शाह तेलंगाना में लॉन्च करेंगे इतना ही नहीं जो एमपी है सिर्फ पॉलिटीकल चीज ब्यान बाजी इसमें सिर्फ इसमें न लगते हुए सेवा का रिक्गनेशन हर एक एमपी को हर एक जन प्रतिनिधि को होना चाहिए ये प्रधानमंत्री ने बहुत ही तृष्ट देकर कहा केन्द्र ने किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में गठित समिति की सिफारिशें लागू करने और उनकी प्रगति पर निगाह रखने के लिए अधिकार प्राप्त समिति गठित की है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी अंतर मंत्रालय समिति ने पिछले वर्ष सितम्बर में सरकार को सिफारिश सौंपी थी श्री तोमर ने बताया कि समिति ने कृषि हाट किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिलाने उनके लिए खाद बीज वगैरह किफायती दरों पर मुहैया कराने सिचांई प्रबंधन और जोखिम से निपटने जैसे उपायों पर जोर दिया है कु षि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में कई पहल की जा चुकी हैं बाईट इसी कार्यक्रम के अंतर्गत यह विचार हुआ कि गांव में परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो और अजीविका भी उपलब्ध हो इसलिए अजीविका एक्सप्रेस कार्यक्रम चालू किया जाये और इसमें सात सौ तीस वाहन लगभग सत्रह राज्यों में अजीविका समूह उपयोग कर रहे हैं और इनकी मॉनिटीरिंग और निगरानी का पूरा प्रबंध है प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हई है सबसे अधिक शेखपुरा में छह सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं बिहारशरीफ और भभुआ में पांच पांच नवादा में तीन तथा पूर्णियां कटोरिया और सबौर में दो दो सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि ओड़िशा के उत्तरी हिस्से में कम दवाब का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से झारखंड से सटे हिस्सों में कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना है इधर समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित कृषि मौसम सेवा केन्द्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर बिहार के अधिकतर हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है राज्यपाल लालजी टंडन ने वैज्ञानिकों से जैविक खेती की दिशा में शोध कार्य करने की अपील की है आज पूर्णियां में ग्लोबल कांग्रेस के बायोटेक्नोलॉजी एण्ड क्रॉप सांइस सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री टंडन ने कहा कि क्षेत्रीय गरीबी अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए जैविक खेती की नई तकनीकों पर काम करने की जरूरत है

पुलिस अधीक्षक निलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से अठारह लाख तेईस हजार रूपये नकद छह एटीएम कार्ड और तीन मोबाइल बरामद किये गये हैं बिहार नेत्रहीन परिषद पटना की ओर से दिव्यांग विद्षी कुमारी हेलेन केलर की जयंती पर विशेष स्मारिका का विमोचन किया गया विधायक अरूण कुमार सिन्हा ने स्मारिका का विमोचन किया परिषद के महासचिव नवल किशोर शर्मा ने बताया कि परिषद की ओर से सरकार से राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पटना और दरभंगा नेत्रहीन विद्यालय को प्लस टू स्कूल का दर्जा देने समेत कई अन्य मांगे की गयी हैं

बेगूसराय जिले के बछवारा थाना क्षेत्र के फतेहपुर हाल्ट के पास से पुलिस ने एक ट्रक से एक सौ पचहत्तर कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है